समझा जाता है कि दोनों नेताओं ने भौगोलिक और राजनीतिक सहित कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की प्रधानमंत्री ने वार्ता के शुरू में कहा कि भारत और चीन प्राचीनकाल से विश्व की बड़ी आर्थिक शक्तियां रही हैं उन्होंने वुहान शिखरे बैठक का जिक करते हुए कहा कि इसमें फैसला किया गया था कि दोनों देश आपसी मतभेदों की झगड़े की वजह नहीं बनने देंगे और इन्हें समझदारी से निपटायेंगे समिट सीएम मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज कहा कि इंदौर में आयोजित होने वाली मैग्नीफिसेंट एमपी के बेहतर परिणाम सामने आएंगे उन्होंने छिंदवाड़ा में पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि यह समिट दिखावे के लिए नहीं हो रही है इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे राज्य के झाबुआ में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के संबंध में मुख्यमंत्री ने दावा करते हुए कहा कि इसमें कांग्रेस की जीत होगी गौरतलब है कि राज्य सरकार इंदौर में अगले सप्ताह मैग्नीफिसेंट एमपी के नाम से निवेशकों का सम्मेलन आयोजित कर रही है इसमें देश विदेश के प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे

सम्मेलन का विषय भारत को विश्वगुरू बनाने में मीडिया का योगदान है कार्यकम के मुख्य अतिथि जनसंपर्क आयुक्त पी नरहरि ने मीडिया की भूमिका और देश और प्रदेश में मीडिया को मिल रही स्वतंत्रता पर प्रकाश डाला वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल ने कहा कि भारत विश्वगुरू था है और रहेगा कार्यक्रम को ब्रहमकुमारीज की जोनल डायरेक्टर बीके अवधेश राष्ट्रीय मीडिया संयोजक सुशान्त भाईजी वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर कमल दीक्षित तथा शिव अनुराग पटेरिया सहित अन्य पत्रकारों ने संबोधित किया

महिला मुक्केबाजी रूस के उलान उदे में चल रही विश्व महिला मुक्केबाजी चैम्पियनशिप के सेमीफाइनल में भारत की एम सी मैरी कॉम ने कांस्य पदक जीत लिया है

उधर नीदरलैंड के अलमेयर में आयोजित डच ओपन हंड्रेड बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लक्ष्य सैन ने पुरूष एकल के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है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

इस बार अच्छी खबर में आप जानेंगे आगरमालवा जिले में बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये शुरू किये गये अनूठे बेटी की पेटी अभियान के बारे में

समारोह में प्रवेश निःशुल्क रखा गया है

रायसेन जिले में कल महर्षि वाल्मिकी जयंती के उपलक्ष में चल समारोह निकाला जायेगा

इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जायेगा